प्रदेश में भी राष्ट्रीय एकता दिवस पर आज आयोजित किये जाएंगे विभिन्न कार्यक्रम

यह दिन देशभर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्जरात के केवडिया में स्टैच् ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्दांजलि अर्पित करने में समग्र राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे श्री मोदी एकता दिवस परेड में भाग लेंगे और राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाएंगे परेड़ में गुजरात पुलिस बल केंद्रीय रिजर्व सशस्त्र पुलिस बल सीमा सुरक्षाबल भारत तिब्बत सीमा पुलिस केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड शामिल होंगे प्रधानमंत्री केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला अधिकारियों के राइफल ड्रिल का भी निरीक्षण करेंगे भारतीय वायुसेना इस अवसर पर फ्लाई पास्ट का प्रदर्शन करेगी एकता दिवस समारोहों में केवडिया में जनजातीय विरासत पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है राष्ट्रीय एकता इधर प्रदेश में भी राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई जाएगी

प्रदेश के सभी जिलों में भी सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय एकता दिवस पर आज वहां भी एकता और अखंडता की शपथ दिलाई जाएगी वहीं शिवपुरी और बैतूल में आयोजित कार्यक्रमों में कोरोना योद्वा जैसे डाक्टर स्वास्थ्यकर्मी और सफाईकर्मियों को आमंत्रित किया गया है

इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए गांव गांव विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है इन कार्यक्रमों में ग्रामीण महिलाएं रंगोली और मेंहदी के माध्यम से मतदाता जागरुकता में सहयोग कर रही हैं कल ग्राम रैवती और कैलोदहाला में बुजुर्ग मतदाताओं का सम्मान कर उन्हें मतदान में भाग लेने की षपथ दिलायी गयी है विधानसभा क्षेत्र में जागरुकता समृह और च्नावी पाठशाला के माध्यम से मतदाताओं को मतदान की महत्ता और प्रक्रिया भी समझायी जा रही है देवास जिले के हाटपीपल्या क्षेत्र में शतप्रतिशत मतदान के लिए स्वसहायता समूह घर घर जाकर पीले चावल दे रहे हैं और मतदान के लिए मतदाता को प्रेरित किया जा रहा है उधर शिवप्री जिले के पोहरी और करैरा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के अंतर्गत मतगणना कर्मियों का प्रथम प्रशिक्षण आज शिवपुरी में आयोजित किया जाएगा वहीं सांची विधानसभा के लिए नियुक्त जनरल ऑब्जर्वर आईएएस के सारदा देवी ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के लिए अधियारियों को आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देष दिए

कुछ समय पहले तक जहां प्रतिदिन दो हजार से ज्यादा नये मरीज मिल रहे थे वहीं अब नये मरीजों की संख्या सात सौ तक सिमट गई है

जन आंदोलन शिक्षाविद एमएच खान ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने बार बार हाथ धोने और दो गज की दूरी का पालन करने की अपील की है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को वाल्मीकी जयंती की शुभकामनाएँ दी हैं अपने संदेश में श्री चौहान ने कहा कि प्रभु श्रीराम के आर्दश चरित्र को रामायण के रूप में कलमबद्ध करके उन्होंने सम्पूर्ण मानवता को धर्म त्याग और कर्तव्य परायणता का सद्मार्ग दिखाया है श्री चौहान ने कहा कि उनके द्वारा रचित रामायण भारतीय धर्म दर्शन और संस्कृति का अभिन्न अंग है उपचुनाव डाक मतपत्र इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा उपचुनाव के लिये बुजुर्गों दिव्यांगों और कोरोना मरीजों के लिए घर घर जाकर मतदान करवाया गया

आईपीएल आईपीएल क्रिकेट में आज दो मैच होंगे पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच दोपहर साढ़े तीन बजे दुबई में खेला जाएगा जबकि दूसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शारजाह में शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा प्रतियोगिता में कल राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स इलेवन पंजाब को सात विकेट से हरा दिया

इस जीत के बाद रॉयल्स ने प्रतियोगिता में अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं

वहीं इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें याद किया जाएगा